शिमला में चल रहे बजट सत्र के दौरान विधानसभा में आज प्रश्नकाल में माकपा के राकेश सिंघा के सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही सरवीन चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है यही टास्क फोर्स नई शिक्षा नीति को लागू करने और अर्ली चाइल्डहुड केयर तथा शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए औपचारिकताओं को अंतिम रूप देगी

विधायक रमेश धवाला के एक सवाल के जवाब में सरवीन चौधरी ने कहा कि कोविडकाल में जगह जगह स्वास्थ्य विभाग और उपायुक्तों द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को कोविड ड्यूटी पर लगाया गया था लेकिन इन्हें विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया गया और न ही देने का विचार है हालांकि चार जिलों बिलासपुर कांगड़ा सिरमौर और सोलन में स्वास्थ्य विभाग ने इन्हें इंसेंटिव दिया है

चर्चा में विपक्षी दल कांग्रेस ने जहां बजट की कमियां गिनाई और इसका विरोध किया वहीं सत्ता दल भाजपा के सदस्यों ने बजट को सर्वहितैषी बताया

रमेश धवाला ने प्रदेश सरकार को फिजूलखर्ची पर तुरंत अंकृश लगाने और अफसरशाही की जवाबदेही तय करने का भी सुझाव दिया कांग्रेस के रामलाल ठाकुर ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए खैर के अवैध कटान का मुद्दा उठाया और कहा कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर हरे पेड़ों का कटान हो रहा है उन्होंने खेल विभाग में कोच के खाली पड़े पदों को तुरंत भरने की भी मांग की

ॅसभी घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कालेज चंबा में भर्ती करवाया गया है ये बस तीसा के बोंदेड़ी से चंबा जा रही थी

दुर्घटना की सूचना मिलते ही विधानसभा उपाध्यक्ष व स्थानीय विधायक हंस राज घटना स्थल के लिए रवाना हो गए मुख्यमंत्री वक्तव्य मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में एक विशेष वक्तव्य के माध्यम से इस दुर्घटना की जानकारी दी उन्होंने कहा कि दूर्घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं और स्थानीय प्रशासन को घायलों की हर संभव मदद करने को कहा गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी घायल को इलाज के लिए दूसरे स्थान या प्रदेश से बाहर ले जाना होगा तो सरकार इसमें भी मदद करेगी उन्होंने इस दुर्घटना पर गहरा दुख जताया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति सांत्वना व्यक्त की मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग ने टुटू चौपाल व धर्मपुर विकास खंडों में प्रधान पद के चुनावों की अधिसूचना आज जारी कर दी है इसके तहत शिमला जिले के दो विकास खण्डों दूटू व चौपाल और मंडी जिले के धर्मपुर विकास खण्ड तथा हाल ही में गठित पंचायतों में हुई आकस्मिक रिक्तियों के निर्वाचन के लिए मतदान होगा